सामाजिक दूरी मास्क और सैनिटाईजर के इस्तेमाल को बताया जरूरी

पूर्णबंदी का चौथा चरण आज हो रहा है समाप्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम पर अपनी बात साझा करते हुए लोगों से कोरोना संकट की घडी में सर्तकता सजगता सेवा आत्मनिर्भरता और आत्मप्रयास व संकल्प पर विषेष बल दिया उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबा है जिसमें सभी के सामूहिक प्रयास से हम जंग लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की इस अविधि में फिलहाल बहुत कुछ खुल चुका है जिसके तहत ट्रेन श्रमिक स्पेषल ट्रेन विमान सेवा सहित अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल चका है ऐसे में दो गज की दूरी सर्तकता मास्क सेनेटाइजर और सामाजिक जागरूकता जरूरी है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विष्व के अन्य देषों की तुलना में हमारे देष में कोरोना मृत्य दर कम है जो हमारी सामूहिक संकल्पषक्ति का ही परिणाम है उन्होंने देषवासियों से मजबूत संकल्पषक्ति के साथ द्रसरों की सेवा करने का आहवान किया और कहा कि सेवा ही परमोधमः ही हमारे देष का आदर्ष और जीवन पद्वति है इसके लिए उन्होंने देष के कई आमजनों की सेवा का भी जिक किया प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में देष के विभिन्न हिस्सों से कोरोना के खिलाफ लोगों की खोज नई तकनीक और इनोवेषन की सराहना की उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आवष्यक होता है जो चुनौतियों के सामना के लिए हथियार है श्री मोदी ने कोरोना वॉरियर्स विषेष कर डॉक्टर और रेलवे कर्मियों की भी सराहना की अपने संबोधन में श्री मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाने पर विषेष जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बन कर ही हम दूसरे देषों से आयतित वस्तुओं को रोक सकते और स्वरोजगार को बढ़ा सकते है प्रधानमंत्री ने कोरोना संकमण से बचने के लिए योग और आर्य्वेद पर जोर देते हए इसे कम्यूनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी के लिए अच्छा बताया है उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विष्व स्तर पर किये जा रहे कार्यक्रम माई लाइफ माई योग की भी विस्तुत जानकारी दी और लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिस्सा लेने का भी आहवान किया इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को गरीबों की सेवा के लिए लाभदायक बताया

उन्होंने कहा कि पर्यावरण ही हमारा भविष्य है अतः हम प्रकूति बचाने और पेड़ लगाने का संकल्प लें रामगढ़ जिले के नई सराय स्थित सीसीएल अस्पताल से कल तीन कोरोना संक्रमित लोगों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया

इन्हें रोजगार का भी साधन मुहैया कराया जाएगा इसके अलावा राज्य और केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा इस मौके पर गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा भी उपस्थित थे पश्चिमी सिंहभूम जिले में ग्रामीणों के बीच होम क्वॉरेंटाइन को लेकर उत्पन्न हई भ्रम की स्थिति को दूर करने की कोशिश की जा रही है इस सिलसिले में उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए उपायुक्त ने बताया की होम क्वॉरेंटाइन उन्हें ही किया जा रहा है जो ग्रीन जोन से आए हैं जिनसे घबराने की जरूरत नहीं है इसलिए उन्हें घर में ही रहने दिया जाना चाहिए उन्होंने खाने और रहने के इंतजाम के लिए सभी पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जामताड़ा जिले के किसान इन दिनों आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सबल बन रहे हैं इसके लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा के वैज्ञानिक संजीव कमार ने बताया है कि लगातार जिले के किसानों को कृषि तकनीक एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर कि प्रोत्साहित किया जा रहा है इसका लाभ किसान उठा रहे हैं

यह एक ही दिन में संक्रमित हुए लोगों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है

सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है पूर्णबंदी का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में कल से पूर्णबंदी खोलने का पहला चरण शुरु होगा ग्रीन और ऑरेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक ं कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी

केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिकों द्वारा अंतर राज्यीय और राज्य के अंदर सामान्य नागरिक परिचालन के लिए कल से कोई अलग अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी आठ जून से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के द्वार श्रद्वालुओं के लिए खोलने की घोषणा भी कर दी गई हैं

स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थान तीस जून तक बंद रहेंगे और उनके पुनरू खुलने पर निर्णय सभी हितधारकों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर पांच सौ चौरानवें हो गई है

साहिबगंज जिले में कोरोना का एक मरीज मिला है

झारखंड में अब तक कोरोना के दो सौ छप्पन मरीज ठीक हुए हैं और पांच की मौत हो चुकी है

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के महामारी और संचारी रोग विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेरकर परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं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

विष्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष को युवाओं की सुरक्षा पर समर्पित किया है इसके अंतर्गत यूवाओं के बीच तंबाक निषेध औद्योगिकरण रणनीति तय की गयी है इस मौके पर स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार ने लोगों से तंबाकू की बुरी लत छोड़ने की अपील की है विभाग की ओर से कहा गया है कि सिगरेट तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोगों को कोरोना वायरस से जल्दी संक्रमित होने का खतरा है क्योंकि तंबाकू धूम्रपान फेफड़े हदय और शरीर के अन्य भागों को गंभीर नुकसान पहुंचाता विभाग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर एक आठ शून्य षून्य एक एक दो तीन पांच छह पर कॉल कर उचित सलाह लिया जा सकता है और अब संक्षिप्त खबरें राजधानी रांची में बिजली बिल जमा करने के लिए मोबाईल एटीपी मषीन वैन एक से तीन जून तक चलायी जायेगी यह वैन रांची सेंट्रल और कोकर डिवीजन में चलेगी रांची में रहने वाले प्रवासी लोगों को सरकार की ओर से राषन दिया जायेगा इसके लिए उन्हें ब्लॉक स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी स्तर पर सीओ के पास रजिस्ट्रेषन कराना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पत्र लिखकर कहा है कि सरकार मजदूरों की दक्षता और हूनर का जिलावार आकलन करें